प्रधानमंत्री नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेगें राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायू और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करेगी

इससे पहले दोनों पक्षों के बीच छठे दौर की बातचीत के दौरान चार में से दो मुद्दों पर सहमति बनी थी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाजार भाव के बीच के अंतर को दूर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में हिम प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह सुविधा सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही शिखर की ओर हिमाचल मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएगी ये सेवा आरम्भ होने से विधायक ऑनलाइन अपने कार्य का फॉलो अप कर सकेंगे प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इस सुविधा की निगरानी करेगा मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर आज भी हल्का हिमपात हो रहा है जिससे क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है बर्फबारी से मनाली केलंग सहित अन्य संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं इधर कुल्लू जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए पर्यटकों व स्थानीय लोगों को उंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है उपायुक्त ऋचा वर्मा ने पर्यटकों से विशेष तौर पर अटल टनल रोहतांग की ओर न जाने की अपील की है

विभाग ने आज और कल प्रदेश के मध्यम व अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी हिमपात व वर्षा की चेतावनी भी जारी की है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है अटल टनल रोहतांग से आधी रात को रैस्क्यू किए तीन सौ पर्यटक हिमाचल दस्तक के अनुसार माइनस तापमान के बीच बीआरओ ने सड़क से हटाई बर्फ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शीतलहर की गिरफ्त में हिमाचल आज दिन भारी दैनिक जागरण के अनुसार आज भारी हिमपात का अलर्ट दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश में चलेगा बर्फीला तूफान छह जिलों में होगी भारी बारिश हिमपात

अजीत समाचार के मुताबिक पहाड़ों पर हिमपात मैदानों में बारिश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है कांग्रेस राज में फैलता कोरोना तो होता भ्रष्टाचार आपका फैसला के शब्द हैं विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ नहीं है कोई भी मुद्दा अमर उजाला की सुर्खी है शीतयुद्ध शुरू करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल में वर्ड फ्लू की दस्तक सरकार ने जारी किया अलर्ट